पाली में दो और जोधपुर शहर में प्रस्तावित तीन प्रमुख कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ ही वे मसुरिया मंदिर में बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ के दर्शन करेंगे श्री शाह पाली में शक्ति केन्द्र सम्मेलन को संबोधित करेंगे इसके बाद उनका संभाग स्तरीय अन्य पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करने का कार्यक्रम है कार्यक्रम के बाद वे जोधपुर जाएंगे यहां से रैली के रूप में पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित शक्ति केन्द्र संयोजक और कार्यकर्ताओं के संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे बाद में संभाग स्तर के युवाओं से युवा सम्मेलन में चर्चा करेंगे श्री शाह प्रबृद्धजन सम्मेलन और काव्यांजलि कार्यक्रम में भी भाग लेंगे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल प्रदेश के दौरे पर आयेंगे राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि इस दौरान चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और अशोक लवासा भी उनके साथ रहेंगे श्री कमार ने बताया कि दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान आयुक्त विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए की जा रही तैयारियां का जायजा लेंगे उन्होंने बताया कि आयोग सबसे पहले प्रदेश में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से रूबरू होगा और उनसे चुनाव से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करेगा इस दौरान स्वीप प्रदर्शनी का भी उदघाटन किया जाएगा

केन्द्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड की सांसद उप यात्रा आज कोटप्रतली विराटनगर और बानसूर में जाएगी इससे पहले कल यात्रा जमवारामगढ़ पहुंची यह यात्रा नीमला थली सानकोटडा और भावनी होती हुई रायसर पहुंची श्री राठौड ने इन स्थानों पर विभिन्न विकास कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास किया

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सिरोही जिले की बालिकाओं के जीवन में भी नई किरण लेकर आई है योजना के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों से यहां के लोगों में बेटियों को लेकर सकारात्मक सोच बनी है

चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ तथा समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ अरुण चतुर्वेदी ने कल जयपुर शहर की गुर्जर की थड़ी में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत बने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उदघाटन किया